कहा अटल जी लोकतंत्र को मानते थे सर्वोच्च

प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल वस्तु और सेवा कर जीएसटी को लेकर व्यापारियों और सरकार के बीच तालमेल के लिये एक बोर्ड के गठन को दी मंजूरी अगले वर्ष प्रयागराज में लगने वाले कुंभ दो हजार उन्नीस का निमंत्रण देने के लिए विभिन्न राज्यों में जायेंगे प्रदेश के मंत्री श्रद्वा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में आज मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व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

उन्होंने कहा कि अटल जी एक कद्दावर नेता थे और समाज के सभी वर्गों के लोग उनका आदर करते थे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 इस देश का तीन चार दशक का समय ऐसा हआ कि अटल जी की वाणी भारत के सामान्य मानव की आशा आकांकाओं की वाणी बन चुकी थी अटल जी बोल रहे है मतलब देश बोल रहा है अटल जी बोल रहे है मतलब देश सुन रहा है अटल जी बोल रहे है मतलब अपनी भावनाओं को नहीं देश के जन जन की भावनाओं को समेटकर उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग जब सत्ता से बाहर होते हैं तो वे धैर्य खो देते हैं अटल जी लंबे समय तक विपक्ष में रहे लेकिन उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हितों की बात की और कभी इस पर समझौता नहीं किया श्री मोदी ने कहा कि अटल जी लोकतंत्र को सर्वोच्च मानते थे

लोकतंत्र बड़ा कि मेरा संगठन बड़ा लोकतंत्र बड़ा कि मेरा दल बड़ा लोकतंत्र बड़ा कि मेरा नेतृत्व बड़ा इसका जब कसौटी का समय आया तो यह दीर्घ दृष्टा नेतृत्व का सामर्थय था कि उसने लोकतंत्र को प्राथमिकता दी दल को आहत कर दिया जिस जनसंघ को अपने खून पसीने से सींचा था ऐसे जनसंघ को जनता पार्टी में किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना विलीन कर दिया एकमात्र उद्देश्य लोकतंत्र अमर रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा भारत की विविधता को ये नेतृत्व की ताकत भी वेल्यूडशिन करती है अटल जी उसमें से एक हैं उस विविधता को बढ़ाने वाला एक विविधतापूर्ण व्यक्तित्व है उसको भी भास्त के राष्ट्रीय जीवन में भारत के सामाजिक जीवन में भारत के राजनीतिक जीवन में वही स्थान उपलब्ध होना चाहिए और ऐसे अनेकों को उपलब्ध होना चाहिए और वही देश को समृद्ध करता है आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता है पीढ़ियो को इस रास्ते से चलूं या उस रास्ते से चलूं इसका लेखा जोखा करने का अवसर मिलता है और मुझे विखास है कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सार्वजनिक जीवन के लिए व्यक्ति के जीवन के लिए राष्ट्र जीवन के लिए समर्पण भाव के लिए वन लाइफ वन मिशन कैसे काम किया जा सकता है इसके लिए हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल आज नई दिल्ली में राष्ट्र को समर्पित की जाएगी विविता में एकता का संदेश देने वाली इस समाधि का निर्माण देशभर के विभिन्न स्थानों से लाए गए पत्थरों से दिल्ली में राजघाट के पास किया गया है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार मुख्य समाधि नौ चौकोर ब्लॉकों के बीच में दीपक की आकृति में बनी है प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारो वाजपेई की जयन्ती सुशासन दिवस के रूप में मनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है इस अवसर पर राज्यमर में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल जी का ही सपना था स्वच्छता अटल जी की प्राथमिकता थी

प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल वस्तु एवं सेवाकर जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग और सरकार के बीच तालमेल के लिये एक बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का फैसला किया गया जिसके अध्यक्ष मृख्यमंत्री होंगे इस बोर्ड की हर तीन महीने पर बैठके होंगी और इसका कार्य व्यापारियों के बीच जीएसटी को लेकर होने वाली दिक्कतों और सुझायों को सरकार तक पहुंचाना होगा बोर्ड में तीन उपाध्यक्ष ग्यारह गैर सरकारी सदस्य और नौ मंत्रालयों के सदस्य होंगे जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जायेगा मंत्रिमंडल ने कल कुल छह फैसलों को मंजूरी दी जिसमें एक अहम फैसला पुलिस कर्मियों और अभ्निश्रमन विमाग के कर्मचारियों के लिये असाधारण पेंशन का है सरकार के प्रवक्ता सिद्वार्थनाथ सिंह ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने कर्तव्य पालन के दौरान किसी चोट की वजह से कोमा में जाने वाले पुलिस कर्मियों को असाधारण पेंशन देने का फैसला किया है जिसके तहत उन्हें सेवानिकृत्त होने तक पूरा वेतन दिया जायेगा इसके अलावा सरकार ने पूर्वांचल और बुन्देलखंड के विकास के लिये भी बोर्ड गठित करने का फैसला किया है एक अन्य फैसले में सरकार ने नोएडा के सेक्टर एक सौ सत्तावन में स्थापित होने वाले टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज टीसीएस के सेन्टर को भूमि उपलब्ध कराने की सहमति दे दी एक सौ इकहत्तर करोड़ की छूट के साथ कुल छह सौ सत्तासी करोड़ मूल्य की भूमि कम्पनी को उपलब्ध कराई जायेगी जिस पर तेईस सौ करोड़ की लागत से केन्द्र स्थापित किया जायेगा और इससे तीस हजार से अधिक रोजगार का सुजन होगा प्रदेश सरकार ने देश के हर गांव से कम से कम एक व्यक्ति को अगले वर्ष प्रयागराज में होने वाले कुंभ में आमंत्रित करने का फैसला किया है इसके लिये प्रदेश सरकार के मंत्री विभिन्न राज्यों में जायेंगे और वहां के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के साथ ही आम लोगों के बीच जाकर उन्हें कुंभ में स्नान हेतु आमंत्रित करेंगे प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्वार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिगण गांव के प्रधानों से मिलकर उन्हें स्वयं कृंभ में आने और साथ में गांव के कम से कम एक व्यक्ति को लाने का अनुरोध करेंगे

देश प्रदेश और पूरी दुनिया में आज क्रिसमस का पर्व धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रभू ईसा मसीह के जन्मदिन पर आज प्रदेश भर में गिरजा घरों को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है गिरजा घरों में आज विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किये गये हैं विभिन्न स्थानों पर कैरोल गायन के कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं कई जिलों में कई स्थानों पर क्रिसमस मेलों के भी आयोजन किये गये हैं भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की एक सौ सत्तावनवीं जयंती पर आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर उन्हें श्रद्वापूर्वक स्मरण किया जा रहा है काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के परिसर में लोग उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर के उन्हें अपनी श्रद्वांजलि अर्पित कर रहे हैं वहां एक संगोप्ठी का भी आयोजन किया गया है गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भी मालवीय जी की जयंती धूमधाम से मनायी जा रही है अन्य स्थानों पर भी लोग उनकी जयंती पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर के उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का स्मरण कर रहे हैं